अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर लोस चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश और बिहार में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करते हए विपक्षी गठबंधनों को महामिलावटी करार दिया विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा हमेशा जाति की राजनीति करते हैं उन्होंने लोगों से केन्द्र में मजबूत सरकार बनाने के पक्ष में मतदान करने की अपील की

आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भाजपा के पक्ष में लहर देखी है लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा इस बार चुनाव मोदी सरकार की नैया डूब रही है सुश्री मायावती ने कहा कि हालात को देखते हुए श्री मोदी अधिक से अधिक जनसभायें कर रहे हैं लोस चुनाव मप्र लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में वोट डाले जाएंगे भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाते हुये कहा कि उनकी नीतियों से देश का हर वर्ग परेशान है कांग्रेस न्याय योजना के माध्यम से देश की वर्तमान स्थितियों में सुधार लायेगी

श्री गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस अपनी न्याय योजना को लागू करेगी

दस लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार के अवसर मिलेंगे किसानों के लिए अलग से बजट बनाकर उनके हित सुनिश्चित किये जाएंगे उन्होंने कहा कि वे जनता से सीखते हैं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही व्यवहारिक नीतियों का निर्धारण कर ईमानदारी से उन्हें लागू करते हैं वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने आज उज्जैन में संवाददाताओं से बात करते हए कहा कि देश में मोदी की सुनामी जैसी लहर चल रही है उन्होंने कहा कि केवल नरेन्द्र मोदी ही एक मजबूत सरकार बना सकते हैं जो देश के विकास को गति दे सकती है श्री रूपाणी ने महाकालेश्वर के दर्शन किये और गुजराती समाज भवन में एक सभा को संबोधित किया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मालवा में विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया

लोस मुददा मौजूदा लोकसभा चूनाव में एक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार स्वास्थ्य सुविधायें और पेयजल सबसे बड़े मुद्दे को रूप में उभरकर सामाने आयें हैं एसोसियेशन पर डेमोकेटिक रिफार्म्स एडीआर द्वारा सत्रहवीं लोकसभा चुनाव से पहले कराये गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है

मतगणना तैयारी प्रदेश में अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है सभी जिलों में ईवीएम को न केवल सुरक्षित रखा गया है बल्कि मतगणना स्थलों पर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं भोपाल में पुरानी जेल परिसर में बनाए गए स्ट्रांगरूम में ईवीएम और वीवीपेट को सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाडे ने इनकी निगरानी के लिए तहसीलदार और सीएसपी को तैनात किया है उधर शिवपुरी में भी जिले की पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाये स्ट्रॉग रूम के निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है रायसेन में भी मतगणना की तैयारियों जोरों पर हैं महिला मतगणना हरदा में मतगणना के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है

हमारे हरदा संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए चौरासी महिलाओं का चयन किया गया है वे हरदा और टिमरनी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जिम्मेदारी संभालेंगी खास बात यह है कि मतगणना केन्द्र की सुरक्षा और अन्य कामों की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी गई है इसी सिलसिले में आज यहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया गया

इसके तहत अब दूरदर्शन से जुड़े स्मृतिचिन्ह जैसे टीशर्ट कप पानी की बॉटल और ऐसी ही कई वस्तुऍ एमेजोन इण्डिया पर मिलने लगी हैं इनके जरिए हम आप दूरदर्शन से जुड़ी अपनी यादों को सहेजकर रख सकते हैं इसका शुभारंभ कल प्रसार भारती के चेयरमेन ए सूर्यप्रकाश ने किया इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ शशिशेखर वेमपति सहित कई अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे कॉन फिल्मोत्सव विश्व सिनेमा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह कॉन फिल्मोत्सव आज से फॉन्स में शुरू हो रहा है इस बारह दिवसीय फिल्म समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कल भारतीय पवेलियन का शुभारंभ करेंगे इस दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जायेगा